प्रदेश में महाविद्यालयीन शिक्षकों के उत्कृष्ट शोध की जानकारी आम नागरिकों को भी मिलेगी

उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया है इस दौरान युवाओं और विद्यार्थियों को नेहरू जी की विरासत के बारे बताया जायेगा अर्जुन सिंह की जयंती प्रदेश भर में आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर पुष्यांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया भोपाल में आयोजित श्रद्वांजलि सभा में उनके पुत्र और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तितव और कृतित्व से जुड़ी स्मृतियों को उल्लेख किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि श्री सिंह एक सहज सरल दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे उन्होंने जीवन पर्यन्त सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य किया वहीं धार में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय अर्जुन सिंह के केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए देश और प्रदेश में उनके द्वारा किये गये विकास के योगदान पर प्रकाश डाला गया

यह फैसला नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है चिराग पासवान दूसरी बार लोकसभा के सदस्य बने हैं और पार्टी के मुख्य फैसले लेने में शामिल रहे हैं

चयन शिवपुरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सिग्नल प्रशिक्षण स्कूल को सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्थान के रूप में चयनित किया गया है पिछले दिनों इस प्रशिक्षण केंद्र के डीआईजी आर के शाह को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में यह सम्मान प्रदान किया गया प्रशिक्षण केंद्र को प्रथम पुरस्कार मिलने पर यहां विजय उत्सव मनाया गया

महाकुंभ के आयोजक गोविंद गोयल ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताया कि सेन्ट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में आयोजित इस क्श्ती महाकृभ में देश प्रदेश के जाने माने महिला और पुरुष पहलवान अपने दावपेंच का हुनर दिखाएंगे उन्होंने कहा कि कृश्ती महाकृभ के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी पुरातन संस्कृति बनाये रखना है

वहीं गुना जिले के विकासखंडों में कल से प्रतियोगिता आयोजित कर ओलपिंक के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा

इस दौरान भ्रष्टाचार के विरूद्ध अलख जगाने सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये